इस विधेयक में अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और इसाई धर्मों के लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए ग्यारह साल की अवधि को कम करके छह साल किया जाएगा मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के विभिन्न हितधारको ने हालही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा की थी

केंद्रीय खेल और युवा मामला मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के प्रतिनिधियो के साथ बातचीत के बाद संसद में पेश किए जाने वाले नागरिकता संशोधन विधेयक में इस क्षेत्र के लोगों के हितों का ध्यान रखा जायेगा उन्होंने कांग्रेस और असादुद्दिन ओवैसी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमीत शाह ने पूर्वोत्तर के लोगों को इस मामले में भरोसा दिलाया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को दस साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण अगले साल पच्चीस जनवरी को समाप्त हो रहा है मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने राज्य में पिछले दस वर्षों में वेटलैंड एरिया में कमी पर चिंता जताते हुए वन और पर्यावरण विभाग से राज्य की नीतियों के तहत इसके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है कल राज्य सचिवालय में स्टेट वेटलैंड अथारिटी की दूसरी बैठक का अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की दो हजार सत्रह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष दो हजार पंद्रह की तुलना में वन क्षेत्र में जलाधयों के क्षेत्रफल में एक सौ पंचानवें वर्ग किलोमीटर की कमी आयी है इसका प्रमुख कारण झूम खेती भूस्खलन अतिक्रमण वनों की कटाई और अन्य विकास गतिविधियां हैं स्टेट रिमोट सेसिंग एप्लिकेशन सेंटर की दो हजार दस ग्यारह की रिपोर्ट के अनुसार जलाशयों का क्षेत्रफल करीब आठ सौ तिरपन वर्ग किलोमीटर है जिसमें से सात सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर नदी क्षेत्र और तिरसठ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र झील और तालाबों का है अरुणाचल प्रदेश राज्य विधान सभा के दोरजी खांड् सभागार में आज पंचायत चुनाव पर फेस टू फेस परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया पंचायत चुनाव पार्टी लाइन पर होना चाहिए या बिना पार्टी लाईंस के इस ज्वलंत मुद्दे पर इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल साइंसेज नई दिल्ली के अध्यक्ष जार्ज मैथ्यू के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्यों राजनीतिक सामाजिक या अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए गौरतलब है कि वर्तमान में देश के कई राज्यों में दलगत आधार पर पंचायत चुनाव कराए जा रहे है और इसे देखते हुए यह विषय काफी मायने रखता है अरुणाचल प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव कराए जाने की उम्मीद है इसके मद्देनजर जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के इस मुद्दे पर विचार नीति निर्माताओं के लिए सहायक सिद्ध होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पंचासवीं जयंती कार्यक्रमों के तहत ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित पांच दिवसीय डिजिटल इंट्रेक्टिव एक्जिविशन आज संपन्न हो गया केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन रीजनल आऊटरीच ब्यूरो ईटानगर द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए रीजनल आउटरीच ब्यूरों के निदेशक डॉ केशवामूर्ति ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां डिजिटल प्लेटफार्म पर प्रदर्शित की गई है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में खेले जा रहे राज्य स्तरीय खों खो प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आज राजधानी क्षेत्र ने लेपारादा जिले की टीम को पराजित किया जबकि महिला वर्ग में ईस्ट कामेंग जिले में वेस्ट सियांग जिले को पराजित किया इस प्रतियोगिता में राज्य के बीस जिलों की उनतीस प्रुष और महिला टीमें हिस्सा ले रही है

आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया